हरियाणा रेडकॉस सोसायटी कोरोना महामारी से लोगों की हर संभव सहायता के लिए तैयार है आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

देषभर में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने से टीकाकरण के काम में तेजी आई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याषण मंत्रालय ने बताया है कि कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है

रोगी और नकद राषि लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार कोर्ड जमा करवाना होगा

इस बैठक के दौरान ऑक्सीजन कोविड जांच और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य व पंचायत विभाग के वरिष्ट अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ॅउन्हें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक घर को कवर करते हुए डोर ट् डोर स्क्रीनिंग कैंप आयोजित करने इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन करने और धर्मषालाओं सरकारी स्कूलों और आयुष केन्द्रों को संगरोध केन्द्रों में तब्दील करने जैसी सक्रिय रणनीतियां अपनाने के निर्देष दिये हरियाणा रेडकास सोसायटी कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में प्रदेष के लोगों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है

उन्होंने विष्व रेडकॉस दिवस के अवसर पर राजभवन में रेडकॉस के संस्थापक हैनरी ड्यूना की प्रतिमा पर माल्यापर्ण भी किया

राज्यपाल ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में यह संस्था निरंतर मानव सेवा के कार्यो के लिए प्रयासरत है

भिवानी जिला रेडकास सोसायटी के अध्यक्ष एवं उपाय्क्त राहल नरवाल के मार्गदर्षन में आज भिवानी रेडकास भवन में विष्व रेडकॉस दिवस मनाया गया इस अवसर पर रेडकॉस अधिकारियों कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों ने रेडकॉस सोसायटी के संस्थापक सर जीन हेनरी डयूना के चित्र पर पुष्प अर्पित किए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग ग्रू स्वामी अध्यात्मानंद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक टवीट में श्री मोदी ने उनको श्रद्वांजलि दी और उनके अध्यात्म का सरल ढंग से व्याख्यान करने के तरीके को याद किया प्रधानमंत्री ने योग गुरू को उनकी योग षिक्षाओं और समाज सेवा में दिये गए योगदान के लिए भी याद किया हरियाणा के गुह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेष में एंबलेंस संचालकों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने और दवाओं की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी करने वालों पर अंकुष लगाने के लिए एक नियत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी षिकायत दर्ज करवा सकता है

यह कोविड मरीजों के लिए बहत लाभकारी है

इस अवसर पर श्री विज ने कोरोना महामारी के इस दौर में जनसेवा के लिए आगे आ रही संस्थाओं का आभार व्यक्त किया